प्रधानमंत्री शिक्षा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों को सशक्त बनाने में महत्व पूर्ण साबित होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्वयन पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन से नई शिक्षा नीति के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी जिससे इसके बेहतर कार्यान्वनयन में मदद मिलेगी शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था वैश्विक स्तर की होनी चाहिए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नये भारत के निर्माण की नींव रखेगी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जहां एक ओर छात्रों और युवाओं को वैश्विक स्तर बनाए रखना है वहीं उन्हें अपनी जड़ों को भी नहीं भूलना है उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा से छोटे बच्चों को लाभ होगा

इसका उद्देश्य कोविड से संबंधित देश के एक सौ अस्पतालों से रोगियों उनके लक्षणों और उपचार से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना है यह रजिस्टर एक वर्ष तक चलेगा और इसमें जांच प्रयोगशालाओं द्वारा सत्यापित तथा अस्पतालों में भर्ती मरीजों के आंकडे ही शामिल होंगे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने विभिन्न संस्थाओं से इस रजिस्टर के बारे में प्रस्ताव मांगे हैं

जिले में अब लोग प्लाजमा डोनेट करने के लिए सामने आ रहे है पांच लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करने की सहमति दी है

जिले में कोरोना से उपचार के लिए सात वेन्दीलेटर लगाये गये हैं मंदसौर से इस बीच अच्छी खबर है

चिकित्सा कर्मियों ने शुभकामनाएं देकर उन्हें रवाना किया

शिवराज आत्मनिर्भर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में आगे रहकर देश में अलग उदाहरण प्रस्तुत करेगा श्री चौहान आज आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए प्रदेश के विकास का रोड मैप बनाने के लिए आयोजित प्रथम वेबीनार का शुभारंभ कर रहे थे वेबीनार के प्रथम दिन आज भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विचार विमर्श भी प्रारंभ हुआ इसमें प्रमुख रूप से नीति आयोग विश्व बैंक टाटा पावर अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आईआईटी चैन्नई वाटर एड इंडिया नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान मप्र पावर मैनेजमेंट के पदाधिकारी शामिल हैं

गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आज ट्वीट के जरिये कहा कि राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में शनिवार के होने वाले लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है अब सिर्फ रविवार को लॉकडाउन रहेगा इसके अलावा होटल और रेस्तरां भी रात दस बजे तक खुलने लगे हैं पहले सरकार ने इन्हें आठ बजे तक ही खोलने की अनुमति दी थी हालांकि रात दस बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा और लोगों आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि कुटीर एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से ही स्वदेशी आन्दोलन का सपना साकार होगा

उधर केंद्रीय जेल सागर में हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए हथकरघा केंद्र की स्थापना की गई है इससे कैदियों को रोजगार भी मिल रहा है और वे अपने मेहनताने का उपयोग बच्चों की पढ़ाई में कर रहे है जेल अधीक्षक संतोष सोलंकी ने बताया कि पहले यहां के उत्पादों को थोक में सेल किया जाता था लेकिन अब इसके लिए आउटलेट बनाया गया है

मौसम बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने के बाद एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने से राज्य के मंडला होशंगाबाद और खरगोन में जोरदार बारिश हुई झाबुआ जिले में तेज बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है वहीं अशोकनगर छिंदवाड़ा हरदा सहित करीब आधा दर्जन स्थानों पर रुक रुककर बारिश हो रही है भोपाल स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक उदय सरवटे ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से प्रदेश की मौसम की गतिविधियों में परिवर्तन आया है

राजधानी भोपाल में भी आज दिनभर आसमान में बादल छाये रहे और रूकरूक कर बारिश हुई

इसमें हाथियों के स्वास्थ्य की देखभाल की जायेगी

साथ ही मरीजों को ध्यान और योगाभ्यास के लिए प्रेरित किया जा रहा है बैतूल जिले के मुलताई थाना क्षेत्र में दो दिन पूर्व भारी बारिश के बीच रपटा पार करते समय आई बाढ़ में पानी के तेज बहाव में बहे तीन युवकों में दो के शव आज बरामद किए गए जबकि एक का शव कल ही बरामद किया जा चुका है